उत्खनन के लिए एक संवेदक को दिये जायेंगे दो घाट कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं

संजय सिंह पटना रेंज के बने आईजी डाक विभाग ने पटना जीपीओ में जाली खाता बनाकर करोड़ों रूपये के फजीवाड़ा मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है विभाग की एक अधिकारी ने बताया कि मामले की विभागीय जांच चल रही है जिसमें दो करोड़ दो लाख रूपये के फर्जीवाड़े की जानकारी मिल चुकी है अधिकारी ने कहा कि जीपीओ को एक गुमनाम पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि फिक्स डिपोजिट योजना में अनियमितता हो रही है जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गयी राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन को रोकने के लिए राज्य में एक संवेदक को अधिक से अधिक दो घाटों की बंदोबस्ती देने का निर्णय लिया है साथ ही बालू की कीमत बाजार के हिसाब से तय की जायेगी ठेकेदारों को एक बार में पांच वर्ष के लिए ठेका मिलेगा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है प्रधान सचिव ने बताया कि पटना जिले में अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित मनेर बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए एक सौ आठ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है वहीं खान और भूतत्व विभाग के विभिन्न ग्रेडों के एक सौ उनासी पदों को सृजित किया गया है इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पटना उच्च न्यायालय के स्थापना विभाग में कार चालक के छह पद सिपाही बहाली में खिलाड़ियों को एक प्रतिशत आरक्षण पथ निर्माण विभाग के साठ प्रमंडलों में अमीन की बहाली करने का भी निर्णय लिया है बैठक में नेपाल हितकारी योजना के वाल्मिकीनगर के अन्तर्गत पूर्वी मूख्य नहर के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रंजन प्रसाद समैयार को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दे दी है बैठक में उन्नीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे आकाशवाणी से इस संबोधन का प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा इसे आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड एफ एम रेनबो राजधानी इन्द्रप्रस्थ चैनल और अन्य सभी अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है यह कार्यक्रम आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन आकाशवाणी पर आज शाम सवा छह बजे से राजधानी एफ एम रेनबो और एफ एम गोल्ड चैनलों पर सुना जा सकेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है उन्होंने किसानों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और अतिरिक्त भण्डारण नहीं करने को भी कहा श्री कुमार ने कहा कि राज्य में नौ लाख मिट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत लगभग साढ़े छह लाख मिट्रिक टन यूरिया राज्य सरकार को मिल च्रकी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से शेष कोटे की यूरिया जल्द मिलने की सम्भावना है कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को कोई भी समस्या हो तो वे द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक सात एक शून्य तीन पर सम्पर्क कर सकते हैं श्रम विभाग राज्य में बेहतर रिजल्ट देने वाले निजी आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों की जांच करायेगा विभाग ने बुनियादी प्रशिक्षण के अभाव में डिग्री बांटने की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय किया है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि होटल शुल्क और सर्विस चार्ज लेने के नाम पर मनमानी नहीं कर सकते हैं उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर होटलों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और इसके बाद उचित कार्रवाई की जायेगी गृह विभाग ने पूरे प्रदेश को बारह रेंज में बांटकर जोनल व्यवस्था खत्म कर दी है साथ ही राज्य में विधि व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अठारह अधिकारियों का तबादला किया गया है इनमें पुलिस महानिरीक्षक स्तर के चार पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के छह और पुलिस अधीक्षक स्तर के पांच अधिकारी शामिल हैं गृह विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार पटना प्रक्षेत्र के आईजी संजय सिंह बनाये गये हैं साथ ही पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार का गृह विभाग विशेष शाखा के विशेष सचिव के पद पर तबादला किया गया है इसी तरह भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विनोद कुमार दो को पूर्णिया क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है जबकि अन्य अधिकारियों को भी पदस्थापित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सात पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरस्कृत करेंगे पुलिसकर्मियों को पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और इक्यावन हजार रूपये मिलेंगे पुरस्कार पाने वालों में सब इंस्पेक्टर बैजनाथ कुमार संतोष कुमार सिंह अमरेन्द्र किशोर विकास कुमार देवराज इंद्र के साथ नालंदा जिले में पदस्थापित दारोगा मोहम्मद मुश्ताक और सिपाही पंकज कुमार भारती शामिल हैं शेखपुरा जिले में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के प्रयास चल रहे हैं जल संचय के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के बाद जीविका के सहयोग से जल संरक्षण के लिए व्रक्षारोपण के कार्य में तेजी आयी है

मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर स्थानीय कारणों से बारिश हो रही है आज सुबह से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही है मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है जबकि एक सप्ताह के बाद मौसम में परिवर्तन की सम्भावना है उधर गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में बारिश के दौरान वज्रपात होने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन महिलायें झुलस गयी वहीं सहरसा में तेज आंधी के कारण तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन घायल हो गये हैं रामानंद तिवारी मेमोरियल इंटर स्कूल अंडर फोर्टीन क्रिकेट प्रतियोगिता में बसावन पार्क क्रिकेट एकेडमी और युवराज क्रिकेट एकेडमी अपने अपने मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गये हैं वहीं राज्य के तीन खेल प्रशिक्षक भरतपुर में तेईस से सत्ताईस अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होंगे

विभाग ने कहा है कि पहले किराये के लिए पांच सौ रूपये दिये जाते थे बिहार लोक सेवा आयोग ने तिरसठवीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है परीक्षा में नौ सौ चौबीस परीक्षार्थी सफल घोषित किये गये हैं राज्य में लगभग उनतीस सौ पंचायतों में एक अप्रैल दो हजार बीस से नये प्लस टू स्कूल खोल दिये जायेंगे शिक्षा विभाग ने कहा है कि इन स्कूलों में नये सत्र की शुरूआत नौवीं कक्षा से शुरू होगी परिवहन विभाग ने कल रक्षा बंधन के अवसर पर राजधानी पटना के सिटी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर करने की व्यवस्था की है महिलाएं सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक इस सेवा का लाभ उठा सकती हैं पूर्वी चम्पारण जिले में पुलिस ने रक्सौल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रही आईवरी कोस्ट की महिला को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है वहीं औरंगाबाद जिले में चोर होने के आरोप में पुलिस ने तीन विदेशी नागरिकों को पकड़ा है राज्य में प्रद्रषण मानकों का उल्लंघन करने वाली चौबीस औद्योगिक इकाईयों को बंद करने का आदेश बिहार राज्य नियंत्रण परिषद ने दिया है परिषद ने कहा है कि इन औद्योगिक इकाईयों और अस्पतालों पर आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है अधिकतम दो बालू घाटों की ही बंदोबस्ती मिलेगी दैनिक जागरण ने कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के हवाले से लिखा है बिहार के तीन जिलों में घर घर पहुंच इलाज करेंगे चिकित्सक दैनिक भास्कर ने पुलिस में बड़े बदलाव पर शीर्षक दिया है अठारह आईपीएस का तबादला संजय पटना के आईजी व अमरकेश ट्रैफिक एसपी बने प्रभात खबर ने राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव पर सुर्खी देते हुये लिखा है गोविंद मित्रा मखनियां कुआं रमणा खजांची व एसपी वर्मा रोड होंगे वन वे अखबार आज की खबर है उन्नीस सौ और मिडिल बनेंगे प्लस टू स्कूल

राज्य सरकार ने कहा बालू की कीमत बाजार से तय की जायेगी

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं

संजय सिंह पटना रेंज के बने आईजी